हालांकि तेज ग्रोथ रेट के लिए वित्तीय सेक्टर में सुधार करना होगा

हालांकि एजेंसी ने कहा है कि कमजोर वित्तीय सेक्टर और लेबर मार्केट में सुधार करने की जरूरत है यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो रिकवरी पर असर पड़ सकता है

विशेषज्ञ इस रिपोर्ट को सकारात्मक बता रहे हैं

प्रधानमंत्री ने कहा कि निष्ठा आत्मबल और एकता इस देश की मूल शक्ति है और इसी की मदद से हम सभी संकटों का सामना करते रहे हैं उन्होंने कहा कि कोरोना संकट ने हमें वह अवसर दिया है जिसमें हम आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में संकट की इस घडी का उपयोग कर सकते हैं

इस बीच कोरोना से अब तक अछूते रहे निवाड़ी जिले में भी दो मरीजों का पता चला है हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले के जुग्याई गांव में रिश्तेदारी के लिये आए दो लोगों को संकमित पाया गया है बताया जा रहा है कि ये लोग पिछले दिनों दिल्ली से लौटे थे

शिवपुरी के करेरा में पॉजिटिव मरीज मिलने के बाद आज वहां संपूर्ण लॉकडाउन रखा गया है

प्रदेश के बड़वानी बुरहानपुर नीमच जिले के कुंकडेश्वर कटनी नरसिंहपुर पन्ना जिले का मुडवारा होशंगाबाद जिले के पिपरिया सिवनी शाजापुर और श्योपुर में ये स्टेशन खोले जाएंगे इन ट्रांसमिटर के लगने से लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रम पहले से और भी बेहतर गुणवत्ता के साथ सुनाई दे सकेंगे

इस दौरान उन्होंने इस महामारी की रोकथाम के लिये सभी अधिकारियों से सामुहिक प्रयास करने को कहा